प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का इस वर्ष तीस नवम्बर तक विस्तार करने की घोषणा की है देश व्यापी कोविड उन्नीस लॉकडाउन के पांचवे चरण के अंतिम दिन आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने इसकी घोषणा की श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार में नब्बे हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे गरीब कल्याण की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल खर्च बढ़कर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये हो जायेगा

उन्होंने कहा कि सरकार इस पर पचास हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी

जिन्हें कामकाज या अन्य कारणों से अपने राज्य से बाहर पलायन करना पड़ता है

इसलिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है

इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अड़सठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार सात सौ पैंतालीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ अड़तीस नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक सत्रह पॉजिटिव मामले पटना जिले में पाये गये हैं पटना जिले के पालीगंज में एक विवाह समारोह में बड़ी लापरवाही सामने आयी है शादी समारोह में शामिल एक सौ से अधिक लोग संक्रमित पाये गये संक्रमण के कारण दुल्हे की मौत हो गयी जबकि अन्य का इलाज चल रहा है क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है इधर महामारी फैलने के बाद पटना में राज्य की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड को आज से दो जुलाई तक बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में एक हजार पच्चीस कंटेनमेंट जोन हैं इन क्षेत्रों में संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है और लोगों के सम्पर्क का पता लगाया जा रहा है उन्होंने बताया कि अभी पूरे राज्य में इक्कीस सौ बत्तीस लोगों का इलाज चल रहा है जबकि सात हजार पांच सौ चौवालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं सचिव ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है उन्होंने कहा कि सतहत्तर प्रतिशत लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके है शेखपुरा जिला प्रशासन ने बिना मास्क बाजार में घुमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है ऐसे दुकानदारों और बिना मास्क खरीदारी करने निकले लोगों की भी धर पकड़ की जा रही है शेखपुरा और बरबीघा में उल्लंघन करने वालों से तीन तीन सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया बक्सर जिले में भी कई इलाकों में बिना मास्क के घुमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया इधर अनलॉक के पहले चरण में एक जून से अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले छियासठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ऐसे लोगों से लगभग पौने छह करोड़ रुपये अर्थदंड की वसूली की गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में बाईस हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया गया देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर पांच लाख छियासठ हजार आठ सौ चालीस हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक तीन लाख चौंतीस हजार आठ सौ बाईस कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं स्वस्थ होने की दर उनसठ प्रतिशत से अधिक हो गई है वहीं महामारी से सोलह हजार आठ सौ तिरानवे लोगों की मृत्यु हुई है भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड उन्नीस के पहले टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है लोगों पर इस टीके का परीक्षण दो चरणों में होगा और यह अगले महीने शुरू होगा यह टीका अब तक किये गये परीक्षणों में सफल रहा है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण अनलॉक दू के लिए नये दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को इकतीस जुलाई तक कडाई से लागू किया जाएगा

हालांकि राज्यों के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी

दुकानों में ग्राहकों को भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी

साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय रिथिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे स्कूलों कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है अब कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पाँच बजे तक के लिए लागू होगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने के कारण मध्यम से भारी बारिश हो रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जहानाबाद पूर्वी चंपारण वैशाली पटना और भोजपुर जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है सबसे अधिक अस्सी मिलीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर जिले के रेवाघाट में दर्ज की गयी

वहीं लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र में वजपात से झुलसकर एक युवक की मौत हो गयी मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका को लेकर भी सतर्क किया है प्रदेश में गंगा गंडक कोसी महानंदा बागमती कमला बलान सहित प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गयी हैं अररिया कटिहार पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला बलान का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपूर में खतरे के निशान से उपर दर्ज किय गया वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंगब्रिज और मुजफ्फरपूर के बेनीवाद में लगतार खतरे के निशान से उपर बना हुआ है घाघरा नदी सिवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बह रही है इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बहरखाल और झौआ के पास तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है जिले के कदवा बलरामपुर आजमनगर बारसोई और प्राणपुर प्रखंड के कई पंचायतों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है अररिया जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिकटी पलासी फारबिसगंज और अररिया प्रखंड के एक दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिले में परमान और बकरा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ रहा है केन्द्रीय सिपाही चयन बोर्ड ने तीन छह और पन्द्रह जुलाई को राज्य में होने वाली सिपाही बहाली दक्षता परीक्षा को कोरोना महामारी संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है

गिरफ्तार अमीन एक जमीन की सर्वे और मापी के लिए घूस ले रहा था बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभी नौ पार्षदों को कल शपथ दिलायी जायेगी परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह इन सदस्यों को शपथ दिलायेंगे जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के तीन तीन भाजपा के दो और कांग्रेस के एक प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किये गये थे